प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से योग को जीवन का अभिन्न अंग बनाने की अपील की

चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज दुनियाभर में मनाया जा रहा है भारत में मुख्य समारोह देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान में हुआ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारों लोगों के साथ योगासनों का अभ्यास किया इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि योग मानव जाति को प्राचीन भारतीय ऋषियों का सबसे बहुमूल्य उपहार है उन्होंने कहा कि योग शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक व्यायाम मात्र नहीं है बल्कि स्वास्थ्य और खुशहाली की गारंटी है प्रधानमंत्री ने लोगों से योग को नियमित रूप से जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित समारोह में राज्यपाल सत्यपाल मलिक केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद रामकृपाल यादव उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय कृषि मंत्री प्रेम कुमार समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हये राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि योग तन मन की एकता का प्रतीक है उन्होंने कहा कि शरीर को निरोग रखने में योगाभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका है केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उपस्थित लोगों से योग को अपनाने की अपील करते हुये कहा कि यह पूरी तरह एक विज्ञान है और इसे विश्व के सभी देशों ने माना है समारोह को केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने भी संबोधित किया पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह ने हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास किया नवादा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बक्सर में अश्विनी कुमार चौबे योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल हुये जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जगह जगह आयोजित शिविरों में लोगों ने सामूहिक रूप से योग किया और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया योग दिवस के अवसर पर केन्द्र सरकार के कार्यालयों विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों सहित अन्य संस्थानों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है आकाशवाणी और दूरदर्शन के पटना परिसर में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया पटना उच्च न्यायालय ने प्रदेश के निजी बीएड कॉलेजों का शुल्क निर्धारित कर दिया है न्यायालय ने दो वर्षीय पाठ्यक्रम के लिये शुल्क की अधिकतम सीमा एक लाख पचास हजार आठ सौ चालीस रूपये तय की है न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने इस संबंध में दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुये निजी बीएड सस्थानों में एक समान शुल्क की व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया पीठ ने कहा कि यह आदेश दो हजार सोलह से प्रभावी होगा केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में भागलपुर को सोलहवां और पटना को बाईसवां स्थान प्राप्त हुआ है यह रैंक स्मार्ट सिटी के तहत होने वाले कार्यों की प्रगति को लेकर दिये गये हैं भागलपुर को अठहत्तर दशमलव शून्य चार और पटना को छप्पन दशमलव नौ पांच अंक प्राप्त हुये हैं परियोजना से जुड़े कार्यो में कोई विशेष प्रगति नहीं होने के कारण बिहारशरीफ और मुजफ्फरपुर को शून्य अंक दिये गये हैं राज्य में खरीफ के लिये फसल सहायता योजना लागू हो गयी है योजना का लाभ लेने के लिये किसानों को इकतीस जुलाई तक सहकारिता विभाग के पोर्टल पर निबंधन कराना होगा योजना के तहत किसानों को किसी प्रकार की प्रीमियम की राशि नहीं देनी होगी एक से बीस प्रतिशत तक फसल की क्षति होने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर साढ़े सात हजार रूपये और बीस प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर प्रति हेक्टेयर दस हजार रूपये का मुआवजा मिलेगा निबंधन के लिये आधार संख्या और मोबाइल नम्बर अनिवार्य है राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित औरंगाबाद गया जमुई बांका और मुजफ्फरपुर में आठ सौ पैंसठ किलोमीटर सड़क और पुल पुलियों के निर्माण के लिये बारह सौ अठाईस करोड़ रूपये की मंजूरी दे दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी नक्सलवाद का रास्त छोड़ मुख्य धारा में आने वाले लोगों को पांच लाख रूपये तक की आर्थिक मदद देने का फैसला लिया गया वहीं कैबिनेट ने नगर निकायों के लिये पांचवे वित्त आयोग की अनुशंसा पर एक हजार अठाईस करोड़ रूपये स्वीकृत किये हैं इस राशि से प्रदेश के एक सौ इकतालीस नगर निकायों को सहायक अनुदान मद में राशि दी जा सकेगी इसके अलावा संविदा पर नियुक्त डॉक्टरों की सेवानिवृति की आयु सीमा सड़सठ साल करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी गोपालगंज से मैट्रिक की तैंतालीस हजार से अधिक कॉपियों के गायब होने के मामले में पुलिस ने एसएस प्लस ट्र गर्ल्स स्कूल को सील कर दिया है स्कूल की जांच के लिये दंडाधिकारी के नेतृत्व में तीन सब इंस्पेक्टरों की तैनाती की गयी है

इधर गिरफ्तार किये गये आदेशपाल और रात्रि प्रहरी को अदालत ने चौदह दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान लेते हुये मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद ने राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग पारा मेडिकल और कृषि कॉलेजों में नामांकन के लिये आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है पीसीएम में पटना के अंकित रंजन पीसीबी में मुजफ्फरपुर के अमन आयुष और कृषि संकाय में भागलपुर के हुस्न मुबारक टॉपर बने हैं परीक्षार्थी पर्षद की वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं मौसम विभाग ने कहा है कि अगले चार दिनों तक लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की काई उम्मीद नहीं है इस दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में लू का प्रकोप जारी रहेगा हालांकि कई जगहों पर स्थानीय कारणों से आंधी बारिश और बिजली गिरने की घटनायें हो सकती हैं विभाग ने प्रदेश के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में बादल छाये रहने और हल्की बारिश की संभावना जतायी है आज भी अधिकतर जगहों का तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहेगा काम के बदल अनाज योजना में हुये घोटाले की जांच के लिये गठित न्यायमूर्ति उदय सिन्हा न्यायिक जांच आयोग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है आयोग की रिपोर्ट के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गयी है

गया में मां बेटी के साथ हुये सामूहिक दुष्कर्म मामले में सोलह लोगों की संलिप्तता थी वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्र ने बताया कि ये सभी कमलदह गिरोह के अपराधी हैं उन्होंने बताया कि मामले में अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है आतंकियों का हर हाल में सफाया दैनिक जागरण ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसलों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है निकायों को एक हजार अठाईस करोड़ नक्सली सरेंडर पर पांच लाख दैनिक भास्कर की सुर्खी है काम के बदले अनाज योजना में जांच आयोग ने सीएम को सौंपी रिपोर्ट प्रभात खबर लिखता है महात्मा गांधी सेतु के समानांतर पीपा पुल पर आज से परिचालन बंद राष्ट्रीय सहारा लिखता है निजी बीएड कॉलेजों में नामांकन शुल्क तय आज की खबर है मानसून सत्र बीस जुलाई से

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से योग को जीवन का अभिन्न अंग बनाने की अपील की